बुलेटिन की शुरूआत इस संकल्प के साथ कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

यह दिवस बालिकाओं को समान अवसर पर जोर देने के लिए मनाया जाता है केन्द्र सरकार अपने प्रमुख कार्यक्रम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत बालिकाओं की शिक्षा और उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है शिक्षा मंत्रालय ने स्कूली शिक्षा के लिए एकीकृत योजनाओं वाले समग्र शिक्षा कार्यक्रम की शुरूआत की है इसके तहत बालिकाओं की शिक्षा के लिए सरकार की ओर से कई तरह के हस्तक्षेप किए गए हैं इसके अलावा देश के पिछड़े क्षेत्रों में कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालयों को बनाने की मंजूरी दी गई है इसका उद्देश्य वंचित तबकों की बालिकाओं को गुणवत्ता युक्त शिक्षा उपलब्ध कराना और स्कूलों में अधिक से अधिक संख्या में बालिकाओं के दाखिले को प्रोत्साहित करना है केन्द्र सरकार ने माध्यमिक शिक्षा के साथ व्यावसायिक कौशल को भी जोड़ने की व्यवस्था की है जिससे बालिकाएं अपनी पसंद के विषय चून सकेंगी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में शानदार उपलब्धि हासिल करने के लिए देश की बेटियों की सराहना की है एक ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने लडकियों के सशक्तिकरण उनकी शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य सेवा तथा भेदभाव समाप्त करने की दिशा में बहुत से कदम उठाए हैं श्री मोदी ने कहा कि आज का दिन लडकियों के सशक्तिकरण के लिए काम करने वालों तथा उन्हें सम्मान के साथ जीवन में समान अवसर दिलाने वालों की सराहना का दिवस भी है बाईट आज भी हमारे देश में एक हजार बालक पैदा हो तो उसके सामने एक हजार बालिकाएं भी पैदा होनी चाहिए वर्ना संसार चक्र नहीं चल सकता आज पूरे देश में ये चिंता का विषय है

हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने जनवरी दो हजार पन्द्रह में बालिकाओं का अनुपात कम होने की समस्या से निपटने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढाओ कार्यक्रम शुरू किया था

उत्तर प्रदेश के मऊ हरियाणा के करनाल महेन्द्रगढ़ और रेवाड़ी और पंजाब के पटियाला जिलों में जहां अनुपात काफी कम था वहां स्थिति काफी बेहतर हो गई

इधर राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर राज्य में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया इस मौके पर मोतिहारी जिले में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया वहीं खगड़िया जिले में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत जिले के समाहरणालय परिसर से साईकिल रैली और जागरूकता रथ भी निकाला गया केन्द्र सरकार ने आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना में केंद्रीय सशस्त्र पुलिसबलों को शामिल किया है केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कल गुवाहाटी में केंद्रीय सशस्त्र बलों के करीब अट्ठाईस लाख जवानों और उनके परिवारों के लिए आयुष्मान सी ए पी एफ योजना का शुभारंभ किया यह योजना उन सभी राज्यों में शुरू की गई है जहां आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू है

गृहमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार सुरक्षा बलों और उनके परिवार के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है इसलिए सरकार ने उनके लिए आयुष्मान भारत योजना की शुरूआत की है उन्होंने कहा कि कैशलेस आयुष्मान भारत योजना से लोगों की जिंदगी में बदलाव आया है बाईट सभी सीएपीएफ के कर्मचारियों को और उनके परिवारजनों को एक हेल्प कार्ड भी दिया जायेगा और हर साल सीएपीएफ के कर्मचारियों का स्वास्थ्य परीक्षण होगा और हर तीसरें साल उनके सभी परिजनों के स्वास्थ्य की भी हम चिंता करने वाले है और आपका हेल्पकार्ड कहीं पर भी लेकर जाओगे तो आपके हेल्थ के बारे में जितनी भी जानकारियां है वो सीधी अस्पताल के कप्यूटर में डाउनलोड हो जायेगी देश भर में कल राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाएगा इसका उद्देश्य मतदाताओं विशेषकर नये मतदाताओं को प्रोत्साहन और सुविधा देने के साथ साथ अधिक से अधिक संख्या में उन्हें मतदाता सूची में शामिल करना है

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय समारोह में मुख्य अतिथि होंगे इस बार के राष्ट्रीय मतदाता दिवस का मुख्य विषय देश के मतदाताओं को सशक्त सतर्क सुरक्षित और जागरूक बनाना है

राष्ट्रीय मतदाता दिवस देशमर के मतदाताओं को जागरूक बनाने और चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए आयोजित किया जाता है दीपेन्द्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आरती राणा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल दोपहर बारह बजे वीडियो कांफ्रेन्स के माध्यम से प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं के साथ बातचीत करेंगे केन्द्र सरकार सरकार प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के अंतर्गत बाल शक्ति पुरस्कार असाधारण योग्यता और नवाचार स्कूली उपलब्धि खेल कला और संस्कृति सामाजिक सेवा तथा बहादुरी के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए प्रदान कर रही है इस वर्ष बाल शक्ति पुरस्कार की विभिन्न श्रेणियों के तहत देशभर के बत्तीस आवेदकों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दो हजार इक्कीस के लिए चुना गया है इधर दरभंगा जिले के कमतौल प्रखंड के सिरहुल्ली गांव निवासी ज्योति पासवान को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दो हजार इक्कीस के लिए चयनित किया गया है इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ज्योति से वर्चुअल माध्यम से बातचीत करेंगे प्ररा प्रदेश कड़ाके की ठंड की चपेट में हैं मौसम विभाग ने राज्य में घने कोहरे और ठंड की सम्भावना को देखते हुये पटना दरभंगा और रोहतास सहित इकतीस जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है

गया का न्यूनतम तापमान दस डिग्री जबकि पटना का न्यूनतम तापमान ग्यारह दशमलव चार डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है प्रदेश में आज कोविड उन्नीस के एक सौ इकतीस नये मामलों की पुष्टि हुई है संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर दो लाख उनसठ हजार आठ सौ संतानवे हो गयी है आज सबसे अधिक पटना से इक्यावन नये मामले सामने आये हैं राज्य में फिलहाल सक्रिय मामलों की संख्या दो हजार छह सौ उनासी है प्रदेश में अब तक लगभग छिहत्तर हजार स्वास्थ्यकर्मियों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है स्वास्थ्य विभाग के अनुसार किसी भी व्यक्ति में वैक्सीन के दुष्प्रभाव की खबर नहीं है पटना जिले के सोलह और सरकारी अस्पतालों में अगले सप्ताह से कोरोना टीका लगाया जायेगा अब सप्ताह में दो दिन मंगलवार और शनिवार को कोरोना के टीके लगाये जायेंगे स्वास्थ्य विभाग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि वैक्सीन उपलब्ध होने पर पहले सरकारी इसके बाद कुछ निजी अस्पतालों में टीकाकरण केन्द्र बनाया जायेगा एम्स नई दिल्ली के वरिष्ठ चिकित्सक पीयूष रंजन ने कहा कि कोविड उन्नीस का टीका आ जाने के बावजूद भी लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए

प्रदेश में इस अवसर पर कई कार्यक्रमों का आयोजन हुआ राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश क्रमार समेत अनेक गणमान्य लोगों ने उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि जननायक कर्प्री ठाक्रजी के विचारों को जमीन पर उतारने के लिए हम प्रत्यनशील हैं उनके विचारों को हम लोग अपनाकर आगे बढ़ रहे हैं और साथ ही कर्प्री ठाकुरजी के विचारों से हमलोग प्रेरित होकर काम कर रहे हैं इधर जननायक के पैतृक गांव समस्तीपुर जिले के कर्पूरी ग्राम स्थित कर्पूरी स्मृति भवन में आयोजित समारोह में जदयू सांसद रामनाथ ठाकूर सहित कई नेताओंने तैलचित्र पर माल्यार्पण किया वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता और उपमुख्यमंत्री रेणु देवी सहित कई नेताओं ने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की इधर राजद कार्यालय में भी कर्पूरी ठाकुर की जयंती श्रद्धापूर्वक मनाया गया गणतंत्र दिवस पर दिल्ली के राजपथ पर होने वाले परेड में ब्रह्मोस मिसाईल दस्ते का नेतृत्व बिहार के मोहम्मद कमरूल जमां करेंगे कैप्टन कमरूल सीतामढ़ी जिले के राजानगर तलखापुर गांव के रहने वाले हैं पटना के दो बाल वैज्ञानिकों को विज्ञान कांग्रेस में दसवां स्थान मिला है इन दोनों बाल वैज्ञानिकों ने रद्दी कागज से बिजली बनाने का प्रोजेक्ट बनाया है प्रोजेक्ट तैयार करने वाले छात्र आनंद मोहन और आनंद राज ने इस प्रोजेक्ट को पिछले दिनों पटना में सम्पन्न राज्य की विज्ञान कांग्रेस में प्रदर्शन किया था इस प्रोजेक्ट को केन्द्र सरकार से मान्यता मिली तो घरों में लोग अपने उपयोग के लिए बिजली बना सकते हैं पटना से छह दिनों से लापता मसौढ़ी के प्रखंड कृषि पदाधिकारी अजय कुमार सिंह का शव बरामद किया गया है वे लखीसराय के बड़हिया के रहनेवाले थे पटना के नगर आरक्षी अधीक्षक जितेन्द्र कुमार ने बताया कि उनका शव गौरीचक थाना इलाके के पुनपुन नदी के किनारे से मिला है पुलिस के अनुसार हत्या का कारण पैसे के लेन देन का विवाद है इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है अरवल जिले के उच्च विद्यालय उमैराबाद परीक्षा केंद्र पर तैनात शिक्षक द्र्गा प्रसाद का हृदयगति रूक जाने से मृत्यु हो गई

राज्य सरकार ने प्रदेश में बंद पड़ी खेल और खेल प्रशिक्षण से जुड़ी गतिविधियों को फिर से शुरू करने की अनुमति दी है छब्बीस जनवरी से राज्य के सभी जिलों के आउट डोर इनडोर स्टेडियम और अन्य खेल परिसरों में खेल गतिविधियां शुरू हो जायेंगी इसके अलावा स्कूलों और कॉलेजों के खेल परिसर में भी खेल गतिविधियों के संचालन की भी मंजूरी दी गयी है इसके लिए कला संस्कृति और युवा विभाग ने नये दिशा निर्देश जारी किये हैं युवा कल्याण निदेशक डॉक्टर संजय कुमार सिन्हा ने बताया कि खेल मैदानों को साफ सफाई के साथ सेनेटाईज कराना होगा उन्होंने कहा कि एथलेटिक्स बैडमिंटन तीरंदाजी टेनिस और कुछ अन्य खेलों में खिलाड़ियों की अधिकतम संख्या पन्द्रह होगी साथ ही कुछ चिन्हित केन्द्रों में पचास प्रतिशत उपस्थिति के साथ प्रशिक्षण गतिविधियां शुरू की जायेंगी गौरतलब है कि राज्य में खेल गतिविधियों का आयोजन पिछले वर्ष मार्च महीने से ही बंद है और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर राष्ट्र आज बालिका दिवस मना रहा है